प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि अब परीक्षा देने वाले बहाद्र छात्रों ने अपनी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी है इसलिए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी वापस लौट आया है इस बार यह कार्यक्रम विश्व के सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा और यह प्री तरह ऑनलाइन और रोचक और मनोरंजन से भरप्र चर्चा वाला आयोजन रहेगा एक ट्वीट में श्री मोदी ने छात्रों से अपील की कि वे बिना किसी तनाव के मुस्कुराते हए अपनी परीक्षाओं में शामिल हों परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा

इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने कहा है कि मेरा हर संभव प्रयास है कि प्रदेश के बेटा बेटी भाई बहन अपने स्वयं के काम धंधे संचालित करें और सम्मान से जीवन जिएं इस योजना में ऋण का ब्याज अन्दान भी राज्य शासन द्वारा दिया जाता है

प्रिंसिपल डीजी भारतीय सुचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एन वेणुधर रेड्डी ने आज आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण कर लिया है

श्री रेड़डी ने जयदीप भटनागर का स्थान लिया है वे अब पत्र स्चना कार्यालय पीआईबी में विशेष कार्याधिकारी बनाए गए हैं

सत्र की श्रुआत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से होगी सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास के क्षेत्रों में धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा

डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार से कहा है कि जिन जिन मामलों में जवाब पेश नहीं किया गया है अंतिम सुनवाई के पहले उन मामलों में जवाब पेश किया जाए

नर्मदा जयंती कल नर्मदा जयंती हैं म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अमरकंटक में और कल होशंगाबाद में नर्मदा जयंती महोत्सव में शामिल हो रहे हैं यहाँ नर्मदा घाटों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इसी बीच होशंगाबाद में आज से नर्मदा जयन्ती महोत्सव की श्रुआत हो गयी है

कल विशेष महोत्सव के दिन हेलीकॉप्टर से पृष्प वर्षा की जाएगी यहाँ करीब दो लाख से अधिक श्रद्धाल् नर्मदा में आस्था की ड्बकी लगाएंगे

इस दौरान शोभा यात्रा सहित विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे

म्ंबई में अली यावर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग डिसेबिलिटी में छात्रावास भवन की आधारशिला रखने के बाद श्री गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि एक हजार एक सौ करोड़ रूपये के विभिन्न उपकरणों को दिव्यांगजनों में वितरित किया गया है